एक ट्वीट में उन्होंने वन्य जीव संरक्षण के लिए काम कर रहे लोगों को इसके लिए बधाई दी है श्री मोदी ने कहा कि हमें इन प्रयासों को जारी रखना होगा और जीव जन्तुओं के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करना होगा

स्वास्थ्य विभाग के ब्लेटिन के अन्सार कल कोविड के एक हजार दो सौ नब्बे मरीज स्वस्थ हए हैं

उधर होशंगाबाद जिले में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां श्रू कर दी हैं इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने माइक्रो प्लान तैयार किया है आज जिला प्रशिक्षण कैंद्र में ट्रेनर ऑफ ट्रेनिंग टीओटी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित टीओटी अगले तीन दिनों में ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण देंगे

वोरा निधन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का अंतिम संस्कार अब से क्छ देर बाद छत्तीसगढ़ के द्र्ग में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा

मोतीलाल वोरा को मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए छह बार च्ना गया और वे दो बार राज्य के म्ख्यमंत्री रहे वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और केंद्र सरकार में स्वास्थ्य तथा नागरिक उइडयन मंत्री भी रहे आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी स्वर्गीय वोरा को श्रद्वांजलि दी गयी राज्य सरकार ने उनके निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है